सुबह आठ बजे तक चार दशमलव दो पांच प्रतिशत मतदान छह महिला सहित इक्यावन प्रत्याशियों के राजनीतिक भाग्य का होगा फैसला

और मौसम विभाग ने कहा पच्चीस अक्तूबर से बदलेगा मौसम का रूख

प्रदेश की पांच विधानसभा और एक लोकसभा क्षेत्र के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण माहौल में मतदान जारी है सुबह आठ बजे तक चार दशमलव दो पांच प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है नाथनगर में चार प्रतिशत बेलहर में चार दशमलव तीन दो सिमरी बख्तियारपुर में पांच दरौंदा में तीन और किशनगंज विधानसभा क्षेत्र में पांच प्रतिशत मतदान हुआ है समस्तीपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए अब तक तीन प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है सुरक्षा की दृष्टि से नक्सल प्रभावित बेलहर सिमरी बख्तियारपुर और समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के कुशेश्वरस्थान में शाम चार बजे तक ही वोट डाले जायेंगे अन्य क्षेत्रों में शाम पांच बजे तक मतदान होगा हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि सुबह से ही पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की लम्बी कतारें देखी जा रही हैं युवाओं और महिलाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है

भागलपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है

तिरपन बूथों से मतदान प्रक्रिया का लाईव टेलीकास्ट किया जा रहा है वहीं अन्य ब्रथों पर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करवायी जा रही है दिव्यांग मतदाताओं के लिए सभी मतदान कोन्द्रों पर रैम्प और व्हील चेयर की व्यवस्था की गयी है साथ ही सभी मतदान केन्द्रों पर पेयजल और शौचालय की भी व्यवस्था की गयी है निर्वाचन आयोग ने पटना में एक नियंत्रण कक्ष बनाया है लोग हेल्प लाईन नम्बर शून्य छह एक दो दो दो एक पांच नौ सात आठ शून्य छह एक दो दो दो एक पांच आठ सात सात शून्य छह एक दो दो दो शून्य सात पांच शून्य नौ और फैक्स नम्बर शून्य छह एक दो दो दो एक पांच छह एक एक पर चुनाव संबंधी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं आज हो रहे उपचुनाव में छह महिला उम्मीदवारों सहित इक्यावन प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं जिन प्रमुख प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर हैं उसमें समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से लोक जन शक्ति पार्टी के प्रिंस राज और कांग्रेस के डॉक्टर अशोक कुमार प्रमुख है बेलहर विधानसभा सीट से जदयू के लालधारी यादव राजद के रामदेव यादव नाथनगर से जदयू के लक्ष्मीकांत मंडल राजद की राबिया खातून हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के अजय राय सिमरी बख्तियारपूर से जदयू के अरूण यादव राजद के जफर आलम दरौंदा से जदयू के अजय कुमार सिंह राजद के उमेश कुमार सिंह सीपीआई के भरत सिंह और भाकपा माले के जयशंकर पंडित की राजनीतिक किस्मत भी दांव पर है इसके अलावा किशनगंज से भाजपा की स्वीटी सिंह कांग्रेस की सईदा बानो और सीपीआई के फिरोज आलम के राजनीतिक भाग्य का भी फैसला होना है मतगणना चौबीस तारीख को होगी प्रदेश में डेंगू अब महामारी का रूप लेता जा रहा है सिर्फ पटना में अब तक दो हजार से अधिक मरीजों में डेंगू की पूष्टि हो चुकी है वहीं अन्य जिलों में भी डेंगू के लगभग एक हजार मरीज मिले हैं कल एनएमसीएच में उनतीस नये मरीज में डेंगू और सात मरीजों में चिकुनगुनिया की पुष्टि हुई है इधर डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत डेंगू के मरीजों का इलाज कराने का फैसला किया है इस संबंध में राज्य स्वास्थ्य सुरक्षा समिति ने अधीक्षकों और सिविल सर्जन को आदेश निर्गत कर दिया है उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बरौनी खाद कारखाना से वर्ष दो हजार इक्कीस से उत्पादन शुरू हो जायेगा कारखाना का निरीक्षण करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि निर्माण कार्य लगभग पचास प्रतिशत पूरा हो चुका है सहरसा से सुपौल के बीच अगले महीने से ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जायेगा पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ब्रजेश कुमार ने यह जानकारी दी पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने मतदाता सूची सत्यापन कार्यक्रम में लापरवाही बरतने के आरोप में छब्बीस बीएलओ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है राज्य सरकार ने प्रदेश के सत्तर प्राईवेट नर्सिंग संस्थानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है इन संस्थानों पर सरकार के आदेश की अवहेलना कर अब तक वेबसाईट नहीं बनाने का आरोप है पटना के खाजेकलां थाना क्षेत्र के छाओलाल लेन से पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर दो लोगों को गिरफ्तार किया है मौके से पुलिस ने कलर प्रिंटर कागज नौ मोबाईल दो मैगजीन और एक कारतूस बरामद किया है अररिया के परमान नदी के ईदगाह टोला घाट पर एक मृत डॉल्फिन पाई गयी है वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि डॉल्फिन की मौत कैसे हुई इसकी जांच करायी जायेगी प्रदेश में चक्रवाती हवा के प्रभाव से आज भी आसमान में बादल छाये रहेंगे और ब्रंदाबांदी हो सकती है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पच्चीस अक्तूबर से एक बार फिर मौसम के रूख में परिवर्तन होगा और प्रदेशभर में हल्की बारिश होगी विभाग ने कहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण बारिश की सम्भावना है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा अगले वर्ष आयोजित मैट्रिक परीक्षा के लिए सात से ग्यारह नवम्बर के बीच सेंटअप परीक्षा का आयोजन किया जायेगा इसमें नियमित और स्वतंत्र दोनों ही कोटियों के छात्र शामिल होंगे अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां भारतीय सेना द्वारा पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकी शिविरों को ध्वस्त करने से जूड़ी खबरें आज से सभी समाचार पत्रों की प्रमुख सूर्खी है हिन्दुस्तान ने लिखा है पीओके में चार आतंकी कैम्प तबाह दस पाकिस्तानी सैनिक और बीस से अधिक आतंकी ढेर किये गये दैनिक जागरण ने थल सेनाध्यक्ष के बयान को प्रमुखता देते हुये लिखा है हमने उन जगहों को निशाना बनाया जहां से घुसपैठ होती है दैनिक भास्कर और प्रभात खबर ने प्रदेश के पांच विधानसभा और एक लोकसभा सीट के उपचुनाव से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है दैनिक आज की सुर्खी है बिहार के पन्द्रह जिलों के रेलवे स्टेशनों पर आतंकी अलर्ट राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है रेलवे बोर्ड में घटेगी सदस्यों की संख्या

सुबह आठ बजे तक चार दशमलव दो पांच प्रतिशत मतदान छह महिला सहित इक्यावन प्रत्याशियों के राजनीतिक भाग्य का होगा फैसला

और मौसम विभाग ने कहा पच्चीस अक्तूबर से बदलेगा मौसम का रूख